आज आकाशवाणी से बावनवीं बार मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों को अपने मतदान की जिम्मेदारी के महत्व को समझना होगा श्री मोदी ने रेडियों को लोगों के साथ जुड़ने का एक प्रभावकारी माध्यम बताया उन्होंने नेताजी सुभाषचंद्र बोस का विशेष रुप से उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने उन्नीस सौ ब्यालीस में आजाद हिंद रेडियों की स्थापना की थी इसके माध्यम से वे आजाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ साथ देशवासियों से भी संवाद किया करते थे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने आजादी के बाद से जितने भी सफल अंतरिक्ष मिशन हुए थे उतने ही मिशन पिछले चार वर्षों में सफलतापूर्वक पूरे किए गए उन्होंने कहा कि देश ने हाल में एक अंतरिक्ष यान से एक सौ चार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है श्री मोदी ने कहा कि भारत शीघ्र ही चंद्रयान द्वितीय मिशन के तहत चंद्रमा पर अपनी मौजूदगी दर्ज करायेगा श्री मोदी ने स्वच्छ सुंदर शौचालय नाम के स्वच्छ शौचालयों की एक अनूठी प्रतियोगिता का जिक्र करते हुए कहा कि लोग अपने शौचालयों की सफाई पर ध्यान दे रहे हैं और उसके चित्र हैशटैग माईइज्जतघर पर अपलोड कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि वे मंगलवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत देशभर के छात्रों से संवाद करेंगे श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव और विचार भेजने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल किले के परिसर में क्रांति मंदिर नामक एक संग्रहालय खोला गया है जो नेताजी सुभाषचंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज जलियांवाला बाग तथा अट्ठारह सौ सत्तावन के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करने वाला चौथा भारत पर्व कल शाम दिल्ली के लाल किले पर शुरु हुआ यह पर्व इकतीस जनवरी तक चलेगा पर्यटन मंत्री ने बताया है कि पांच दिन का यह आयोजन गणतंत्र दिवस समारोहों के अंतर्गत किया जा रहा है इसका उद्देश्य देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है भारत पर्व प्रतिदिन दोपहर बारह बजे से रात दस बजे तक लोगों के लिए खुला रहेगा इसमें प्रवेश निशुल्क है इस साल भारत पर्व का मुख आकर्षण स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का प्रतिरुप और गांधी ग्राम है जिसमें दस चित्रकार महात्मा गांधी की विचारधारा विषय पर चित्र बनाएंगे गणतंत्र दिवस परेड की झांकियों और सशस्त्र बलों के बैंड का प्रदर्शन तथा फोटो प्रदर्शनी इस पर्व के अन्य आकर्षण हैं इस कार्यक्रम में आईआरसीटीसी की विशेष पर्यटक रेलगाड़ी उपभोक्ता जारुकता अभियान जागों ग्राहक जागों और हस्तशिल्प वस्तुओं की प्रदर्शनी तथा बिक्री भी शामिल है इस पर्व में राज्य मण्डपो के मुख्य विषय भी शामिल है जहां प्रत्येक राज्य अपने पर्यटन स्थलों के साथ साथ अपनी क्षमता भी प्रदर्शित करेंगे इसके अलावा देश के विभिन्न क्षेत्रों के भोजन स्टॉल और क्राफ्ट मेला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बजट सत्र से पहले बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है बैठक के दौरान श्रीमती महाजन सदन की कार्यवाही सुचारु रुप से चलाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से समर्थन मांगेंगी बजट सत्र इस महीने की इकतीस तारीख को शुरु होगा यह सत्र संसद के केंद्रीय कक्ष में ग्यारह बजे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से शुरु होगा अंतरिम बजट पहली फरवरी को पेश किया जाएगा यह सत्र अगले महीने की तेरह तारीख को संपन्न होगा देशभर सहित वेस्ट सियांग जिले के आलों में भी कल सत्तरवां गणतंत्र दिवस मनाया गया मुख्य समारोह राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आलो में आयोजित हुआ जहाँ वेस्ट सियांग जिला उपायुक्त स्वेतिका सचन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और ए पी पी एन सी सी स्कूली बच्चे और बैंड पार्टी का प्रतिनिधित्व करते तीस कंटिन्जेंट की सलामी ली जन सभा को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू विभिन्न फ्लेक्शीफ कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी और लोगों से विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनने का आग्रह किया राज्य में च्नाव की नजदीकिया को देखते हुए उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों और नागरिकों से पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए सरकार का सहयोग देने की अपील की